उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जा रहे हैं जो लैव के अंदर तराशा गया हो जिसको मेडिकल साईस की दुनिया समझ सके इस रूप में उसका प्रस्तुतीकरण हो और इसी के तहत आयुष को भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाने पर बल दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि योग प्रणायाम और आयुर्वेद के बल पर ही ये स्वस्थ हैं उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सिद्व यूनानी और होम्योर्ष्थी के बाद आय्ष परिवार में सोवा रिगपा भी शामिल हुआ है श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा की जीवन शैली में विश्वास करते थे और गांधी जी कहते है थे कि प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है यह किसी इलाज का तरीका नहीं है ये इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने कही है उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जीवन का आधार बनाया हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की वर्चा है लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए है इस अवसर पर श्री मोदी ने आयुष प्रणालियों के जाने माने विशेषज्ञों और चिकित्सकों के सम्मान में बारह आयुष स्मारक डाक टिकट भी जारी किये प्रधामनंत्री ने हरियाणा में दस आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों का शुभारंभ भी किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नये भारत में लोकतंत्र में सभी की भागीदारी जनता पर ध्यान देने वाली सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारी पर विशेष बल रहेगा आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रंस के जरिये कोच्चि में मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव को सम्दोधित करते हुए उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे लोगों के बीच सेत् का काम करें और विभिन्न भाषाभाषी लोगों को और निकट लाने में सहयोग करें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शायद दुनिया का एकमात्र देश है जहां इतनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं उन्होंने कहा कि अब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और युवा अपने उपनाम से नहीं बल्कि अपनी क्षमता से पहचान बना रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों के लिए बहुत तेजी से डेढ़ करोड़ से ज्यादा मकान बनाए हैं कॉनक्लेव में मुख्य भाषण केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया उन्होंने कहा कि करो सुधारों और बदलो नये भारत के दृष्टिकोण के तीन स्तम्भ हैं प्रेस की स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता सरकार की नये भारत नीति के अभिन्न अंग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभिन्न विभाग अगर बेहतर तालमेल से काम करें तो कुपोषण के खिलाफ जंग जीती जा सकती है इसके लिए डीएम आज और अभी से अपने अपने जिले के लिए कार्ययोजना बनाकर उसे प्रमावी तरीके से लागू करें इसकी नियमित निगरानी करें कार्ययोजना की प्रभावी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाने के बाद भी अगर आंगनबाढ़ी कार्यकर्ता आंरोलन करती हैं तो जिलाधिकारी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात राष्ट्रीय पोषण माह की तैयारियों को लेकर बाल विकास एवं पृष्टाहार विभाग समेत अन्य विभागों और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कही उन्होंने कहा कि अंतरविभागीय समन्वय से हम बहुत लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं यह अभियान हमें गांव गांव और घर घर तक पहुंचाना है तो साक्षारता के लिहाज से भी स्कूल चलो अभियान के साथ इसको जोड़ें नामांकन की प्रक्रिया के चलते हम बच्चों को इस अभियान के तहत जोड़ सकते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी एक बड़ा कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी अभी तक नियुक्त नहीं हो पाए हैं वहां पर तत्काल उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और शुद्ध पेयजल कुपोषण को खत्म करने का सबसे प्राथमिक आधार है सभी विभाग शुद्ध पेयजल को लेकर जागरुकता अभियान चलाएं और आमजन को जागरुक करने का काम करें उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री और नोडल अधिकारी जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा करें किसी आंगनबाढ़ी या किसी ऐसी बस्ती का भी निरीक्षण करें जहां पर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है